उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से ग्रस्त रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहचाना चाहिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान में निगरानी व्यवस्था की अहम भूमिका है और इसे आशा तथा आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए उन्होंने अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच का काम इस माह के अंत तक पूरा कर लेने के साथ ही प्रतिदिन किये जाने वाले कोविड परीक्षणॉ की संख्या को पच्चीस हजार तक ले जाने को कहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीनों ने अब तक पांच करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है इसके साथ ही शहरी स्लम वृद्वाश्रम और महिला हॉस्टल जैसी तमाम जगहों से रैंडम सैम्पल भी लिये जा रहे हैं प्रदेश में इस समय सभी पचहत्तर जिलों में कोरोना के छः हजार एक सौ छियासी सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि कल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से छः सौ छब्बीस मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौट गये देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की संख्या दो लाख सैंतीस हजार एक सौ छान्नबे हो गई है स्वस्थ होने वालों की दर पचपन दशमलव सात सात प्रतिशत पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार चार सौ चालीस लोग ठीक हुए क्ल एक लाख चौहत्तर हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में चौदह हजार आठ सौ इक्कीस नये मामले सामने आने के बाद क्ल संक्रमित रोगियों की संख्या चार लाख पच्चीस हजार हो गई है एक दिन में चार सौ पैंतालिस लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या तेरह हजार छः सौ निन्यानबे हो गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करते हैं इसी क्रम में आज नई दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो तथा अलाइड साइंसेज में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड नाइन्टीन के संबंध में विभिन्न असत्यापित च्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत अक्वारणा बन गई है उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सुत्रों के माध्यम से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा

अगर हमारे थोटस प्रोसिस कैरेक्ट हॉगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कपैशन काइंडनेस जनरेट होगी और सिग्मा रिडयूज होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है गंगा राम अस्पताल के रुमैटोलॉजिस्ट लेपिटनॅट जनरल डॉ वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पुछ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की है उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब एनटीए द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप से अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले चार दिनों से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है गोरखपुर और आसपास के जिलों में कल रात से ही घने बादल छाए हुए हैं और हल्की से लेकर भारी वर्षा हो रही है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों तक पहुंचने की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून चौबीस और पच्चीस जून तक समूचे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हरियाणा चंडीगढ दिल्ली पंजाब के अधिकांश क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जायेगा